उच्चतम न्यायालय ने सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम निर्माण में अनियमितताओं के मामलों की एफआईआर की रद्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा इस वर्ष दिसम्बर में समाप्त हो रही नौतोड़ की अवधी बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व वर्षा से शीतलहर तेज कुल्लू व लाहौल स्पीति ज़िलों में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम दिल्ली से इस पोर्टल को लोगों को समर्पित किया इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण धर्मशाला स्थित राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय में दिखाया गया इस मौके जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले साढे चार वर्षों में केंद्र सरकार ने लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और उन्हें धरातल पर उतारकर इनका सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के शुरू होने के एक महीने में ही करीब दो सौ करोड़ रुपये का लाभ गरीब लोगों को दिया जा चुका है

उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अन्य लोगों पर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए लीज पर जमीन देने में अनियमितताओं से जुड़े मामलें की एफआईआर रद्द कर दी है न्यायमूर्ति ए के सीकरी न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली लेकिन एफआईआर रद्द कर दी अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के एफआईआर रद्द न करने के आदेश को चुनौती दी थी ये एफआईआर राज्य में तत्तकालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दायर की गई थी इस बीच हमीरपुर जिला भाजपा ने एक संयुक्त प्रैस बयान में इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये सच्चाई की जीत हुई है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये फैसला सभी नवोदित खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की जीत है उन्होंने कहा कि राजनैतिक लाभ के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार ने न्यायालय में झूठे व मन घडंत मामले दर्ज कर राज्य सरकार और एचपीसीए का पैसा बर्बाद किया है उन्होंने कहा है कि धर्मशाला किकेट स्टेडियम का निर्माण हिमाचल के खिलाड़ियों व खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था लेकिन पूर्व सरकार ने प्रदेश के विकास को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए

आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकलापों की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि धन राशि उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कायोँ में देरी न्यायसंगत नहीं है विपिन परमार ने कहा कि इससे आम लोगों को तय समय में लाम नहीं मिल पाता और अनावश्यक लागत भी बढ़ती है सुपर स्पैशलिटी खंड टांडा के ऑप्रेशन थियेटर के निर्माण पर असंतुष्ट विपिन परमार ने कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद इसमें कई खामियां है

इस मौके पर उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र महिलाओं को गैस कनैक्शन वितरित किए सिंचाई मंत्री ने छात्र से मैगल सड़क पर बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

मुख्यमंत्री राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रही नोतोड़ की अवधि बढ़ाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी

जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध शून्य सहनशीलता के उद्देश्य से कार्य कर रही है इस मौके उन्होंने जिले में करोड़ों रूपए की विभिन्न विकास योजनाओं की घोषणा की बाद में उन्होंने शहरी मिशन योजना मुरंग की आधारशिला रखी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन रारंग का लोकार्पण किया मूरंग में उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर सांसद रामस्वरूप शर्मा और वन निगम के उपाध्यक्ष सुरत नेगी ने भी इस मौके विचार व्यक्त किए

उन्होंने रिकांगपिओ में चार दिवसीय राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की इस मौके मुख्यमंत्री ने भावानगर के लिए एम्बूलेंस सेवा की घोषणा भी की सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने अध्यापकों से शिक्षा के अलावा विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य व उच्च संस्कार देने में सहयोग का आहवान किया है शिमला के गेयटी थियेटर में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूल भी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं मंगल पांडेय प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडेय ने केंद्र व प्रदेश सरकार के अधिकारियों को आपस में तालमेल के साथ संवेग कार्यक्रम को सफल बनाने का आहवान किया है वे आज सोलन जिले के बददी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए महत्वकांक्षी संवेग कार्यक्रम के श्मारंभ अवसर पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उद्योग लगाने के लिए ऋण लेने सहित विभिन्न कार्योँ में तालमेल स्थापित करेगा मंगल पांडेय ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से उद्योगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान होने के अलावा ऋण प्राप्ति को सरल और समयबद्ध बनाने में मदद मिलेगी

मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात जबकि अन्य भागों में बादल छाने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में सुबह से बर्फबारी हो रही है और घाटी की अंदरूनी सड़कों से रोहतांग दर्रे पर वाहनों की आवाजाही बंद है

उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से शीतलहर तेज हो गई है

उपायुक्त युनूस ने लोगों को बर्फबारी के दौरान उंची पहाड़ियों की तरफ न जाने की सलाह दी है

हिमकोष्ट के सदस्य सचिव कुणाल सत्यार्थी ने बताया कि इस दौरान विभिन्न एनवीसी केंद्रों के प्रदर्शन की वार्षिक गतिविधियों के आधार पर मूल्यांकन व रिमोर्ट सेसिंग और जीआईएस तकनीकों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन डेटा के संकलन पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है